आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के निदेशकॉ के सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि इस संगठन ने नई तकनीक का इस्तेमाल करके देश को सशक्त बनाया है विभिन्न बाधाओं सीमित घरेलू क्षमताओं और समय की कमी के बावजूद इसने सेनाओं के लिए जरूरी प्रणालियां उत्पाद और तकनीक विकसित की हैं तमाम प्रतिबंधों सीमित स्वदेशी क्षमता और समय की कमी की उन चुनौतियों के बीच डीआरडीओ कई प्रकार के सिस्टम्स प्रोडक्ट्स और टेक्नोलाजिज को डेवलप करने में सफल रहा है इनमें से अधिकांश इस समय प्रोडक्शन में हैं डीआरडीओ ने देश को कटिंग इज टेक्नोलॉजी के साथ सशक्त बनाया है और हमारे रक्षाबलों को इंटरनेशनली कम्पीटिटिव सिस्टम से भी लैस किया है इस अक्सर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि नवीनतम तकनीकों से भारत और अधिक सुरक्षित हुआ है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने साइबर स्पेस लेजर इलैक्ट्रोनिक और रोबोटिक तकनीकों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर काम करने की जरूरत बताई रक्षामंत्री ने वैज्ञानिक चुनौतियों को हल करने के लिए युवा प्रतिभाओं और स्टार्टअप्स को कलाम डेयर टू ड्रीम पुरस्कार प्रदान किए समूचा राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम का देश के रक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है

अमित शाह हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पैंतीसवें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे पाक पीड़ित आतंकवाद से भारत हमेशा पीड़ित रहा है अभी अभी आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मुझे विश्वास है कि इस कदम के बाद कश्मीर के अंदर एक चिरकालीन शांति हम प्रस्थापित कर पायेंगे श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई गई है और हम इस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्व हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते दो वर्षो में उनकी सरकार ने प्रदेश का योजनाबद्व तरीके से विकास किया है प्रतापगढ़ में आज एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये श्री योगी ने कहा कि पिछले दो साल में उनकी सरकार ने प्रदेश को सात नये मेडिकल कॉलेज दिये हैं जिनमें एक प्रतापगढ़ में भी बन रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ की पहचान आंवला का चयन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कर के इसे अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दी है इससे जिले में किसानों और नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुये हैं प्रतापगढ़ की पूर्व सांसद और कॉग्रेस नेता रत्ना सिंह आज भाजपा में शामिल हो गयीं प्रतापगढ़ के गड़वारा में एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की रत्ना सिंह पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय दिनेश सिंह की पुत्री हैं वह प्रतापगढ़ से तीन बार सांसद रह चुकी हैं रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिये मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी आज अयोध्या पहुंचे अधिकारियों ने नगर में राम की पैढ़ी का निरीक्षण किया और संतों के साथ बैठक कर दीपोत्सव को भव्य बनाने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये विचार विमर्श किया इस दौरान डीजीपी ओपी सिंह तथा प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी उनके साथ मौजूद थे मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा और रामनगरी में पांचे लाख इक्यावन हजार दीप जलाये जायेंगे उन्होने विद्यालयों सरकारी तथा निजी सस्थानों और स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में दीप जलाकर अयोध्या को जगमग करने में सहयोग करें राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर उच्चतम न्यायालय के सम्मावित फैसले पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दृढ़ संकल्पित है और इसके लिये हरसम्भव कदम उठाये जायेंगे